आज मथ्रा में अनेक कार्यक्रमों की श्रूआत करते हुए श्री मोदी ने कहा पर्यावरण और पश्चन हमेशा से भारत के आर्थिक विंतन का बहत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है यही कारण है कि चाहे स्वच्छ भारत हो जल जीवन मिशन हो या फिर कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहन प्रकृति और आर्थिक विकास में संतृलन रहकर ही हम सशक्त और नये भारत के निर्माण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्पालन और इससे संबंधित व्यापार की किसानों की आमदनी बढ़ाने में बहत बड़ी भूमिका है उन्होंने कहा कि पश्पालन मत्स्य और मध्मक्खी पालन में किए गए निवेश से किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होती है प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले पांच साल में सरकार ने खेती से जुड़े अन्य विकल्पों पर नया दृष्टिकोण अपनाया है उन्होंने कहा कि भारत में डेयरी क्षेत्र का विस्तार करने के लिए नवाचार और नई तकनीकों की जरूरत है प्रधानमंत्री ने सबसे आग्रह किया कि वे इस वर्ष दो अक्तूबर से अपने घरों कार्यालयों और काम करने के स्थानों को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करें उन्होंने गांवों में काम कर रहे स्वयं सहायता समूह नागरिक समाज सामाजिक संगठन यूवा संगठन महिलाओं के समूह क्लब स्कूल और कॉलेजों तथा सरकारी और निजी संस्थानों से इस अमियान में हिस्सा लेने का आग्रह किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मथुरा में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की भी शुरूआत की इसका उदेश्य पशुओं में खुरपका मुंहपका और ब्रूसेलोसिस रोगों का उन्मूलन करना है कार्यक्रम के तहत पचास करोड़ से ज्यादा पशुओं को टीके लगाए जाएंगे जिन पश्ओं का टीकाकरण हो जायेगा उनको पश् आधार यानी यूनीक आईडी देकर कानों में टैग लगाया जायेगा पश्ओं को बकायदा स्वास्थ्य कार्ड भी जारी किया जायेगा हमारा पशुचन स्वस्थ रहे पोषित रहे और पशुओं की नई और उत्तम नस्लों का विकास हो इसी रास्ते पर चलते हुए हमारे पशुपालकों की आय भी बढ़ेगी यह कार्यक्रम दो हजार चौबीस तक जारी रखा जाएगा और इस पर लगभग तेरह हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी इस अवसर पर राष्ट्रीय कृत्रिम गर्माधान कार्यक्रम और बाब्रगढ़ वीर्य केन्द्र की भी शुरूआत की गई मथुरा यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की श्रूआत की इससे पहले प्रधानमंत्री पंडित दीन दयाल उपाध्याय पश् आरोग्य मेला देखने गए प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद विश्व के लिए खतरा बन गया है और इसकी गहरी जड़े हमारे पड़ोस में हैं उन्होंने कहा कि भारत किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है और यह एक विचारधारा बन गया है यह किसी भी राष्ट्र की सीमा में बंघा हुआ नहीं है श्री मोदी ने कहा कि विश्व ग्यारह सितम्बर के आतंकी हमलों से कांप गया था यह वही दिन था जब स्वामी विवेकानंद ने विश्व शांति का संदेश दिया था कार्यक्रम में प्रदेश के मृख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्रीय पश्पालन डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत प्रदेश सरकार के दुग्ध विकास पशुधन एवं मत्स्य पालन मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ऊर्जा मंत्री पण्डित श्रीकांत शर्मा मथुरा की सांसद हेमा मालिनी सहित कई गणमान्य मंत्रीगण मौजूद रहे

इस अवसर पर मृख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व कथाव्यास स्वामी राघवाचार्य महाराज सहित बड़ी संख्या में श्रद्वालओं ने शामिल होकर अपनी आस्था व श्रद्वा प्रकट की गोरक्षनाथ मंदिर क महन्त और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह कथा पांच हजार वर्ष से भारत के सामाजिक धार्मिक जीवन में उत्साह का संचार करती आ रही है यह कथा विपरीत परिस्थितियों में हमें चुनौतियों से जूझने की क्षमता व सम परिस्थितियों में सत्य की प्रेरणा देती है इस अवसर पर दिगम्बर अखाड़ा के महन्त स्रेशदास महन्त राममिलन दास महन्त रविन्द्र दास महन्त प्रेमदास महन्त रामनाथ महन्त मिथलेशनाथ आदि उपस्थित थे

बोलेरो सवार बिहार के सिवान जिले के निवासी बताए गये हैं